यह दिवस समाज में स्त्री पुरुष समानता लाने महिलाओं की उपलब्धियां उजागर करने और प्रत्येक क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष आठ मार्च को मनाया जाता है इस वर्ष का विषय है स्त्री पुरुष समानता की पीढ़ी महिला अधिकारों का सम्मान

ये राष्ट्रीय पुरस्कार हर वर्ष कमजोर और वंचित महिलाओं के सशक्तींकरण के लिए अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्ति समूहों और संस्थानों को दिए जाते हैं केन्द्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन और जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत भी इस अवसर पर मौजूद रहे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी हैं एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति की भावना और उपलब्धियों को नमन किया है प्रधानमंत्री ने आज अपना ट्वीटर अकाउंट साइन ऑफ किया और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली सात महिलाओं ने अपनी जीवन यात्रा को प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लोगों के साथ साझा किया महिला दिवस इधर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कांगड़ा जिले के रैत में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक उत्थान प्रदेश सरकार की उच्च प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित बनाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रहीं हैं

वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने महिला दिवस पर राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में प्राचीनकाल से ही नारी को देवी की संज्ञा दी गई है और महिलाओं में बाधाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ने की अदभुत ताकत है इस अवसर पर उन्होंने लोगों को पोषण अभियान की शपथ भी दिलाई सांसद रामस्वरूप शर्मा ने केन्द्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा शमशी में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि महिलाएं आज विकास के हर क्षेत्र में अपनी सहभागिता निभा रही हैं भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश में नशे की प्रवृति पर रोक लगाने में युवाओं और विशेषरूप से युवा संगठनों की अहम भूमिका है शिमला में नशे की समस्या की चुनौतियों व निवारण को लेकर आयोजित एक सम्मेलन में आज उन्होंने ये बात कही भारद्वाज ने कहा कि सरकारी प्रयासों के साथ साथ युवा संगठनों को भी नशा विरोधी कार्यों में सक्रिय सहयोग देना होगा उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति व पुनर्वास केन्द्रों के लिए मुख्यमंत्री ने बजट में समुचित प्रावधान की घोषणा की है इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक ओमापति जम्वाल ने नशे को रोकने के लिए पुलिस द्वारा किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी

ये बात उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिले के परागपुर में किसान कल्याण कार्यशाला में कही

इससे पहले बिक्रम ठाकुर ने डाडासीबा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की